मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान राज्य के बजट का अहम हिस्सा हैं उनका प्रदेश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान है उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी बजट में किसानों और पश्पालकों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने का राज्य सरकार प्रयास करेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ही जयपुर में आगामी बजट को लेकर स्वैच्छिक संगठनों सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याणकारी बजट में विभिन्न सामाजिक संगठनों के महत्त्वपूर्ण सुझाव शामिल करने का प्रयास करेगी ताकि हर वर्ग तक बजट का लाभ वास्तविक रूप में पहुंच सके राज्य में टिड्डी दलों के हमले ने रबी की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है

अभी गिरदावरी का काम जारी है जिसके बाद ही सही स्थिति का पता लग सकेगा

राज्य में नई आबकारी नीति जारी की गई है

इन नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जायेगा तथा जिसके लिए आवश्यक बजट आबकारी विभाग द्वारा दिया जायेगा परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा है कि जयपुर के चारदीवारी में बनी छोटी चौपड़ का आकार चौकोर ही रखा जाएगा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर ऐतिहासिक स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी मैट्रो के काम के दौरान छोटी चौपड़ के बाहरी आकार को गोल बना दिए जाने के बाद उठे विरोध पर स्पष्टीकरण देते हुए श्री खांचरियावास ने कहा कि इंजीनियरों ने इस ऐतिहासिक छोटी चौपड़ को चौकोर से गोल करके गलत किया है इसके लिये जिम्मेदारों से जवाब मांगा गया है श्री खाचरियावास ने कहा कि राज्य सरकार छोटी चौपड़ सहित सभी तरह की पुरानी विरासतों को पुराने ही स्वरूप में ही रखने को प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के साथ साथ साहित्य संस्कृति और संस्कारों से रूबरू होगी तब ही उनका बौद्धिक विकास सकेगा जयपुर में कल साहित्यकार सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकार साहित्कार और लेखकों को सम्मान और सुविधाए देने में किसी तरह की कमी नहीं रखेगी